अमेठी में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को करेंगे समर्पित

वे अमेठी के कहुर में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे यह रूस की एक फर्म और भारत की आडिनेंस फैक्टरी के बीच संयुक्त उपक्रम है यह संयुक्त उपक्रम मेक इन इंडिया का उल्लेखनीय उदाहरण भी है और इससे देश में सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त होगी श्री मोदी कहुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार भी जाएंगे वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन डी ए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे श्री मोदी पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली को संबोधित भी करेंगे

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमल नाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन होगा भारतीयम में प्रदेशवासियों द्वारा पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी

अमित शाह रैली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में कल देशव्याछपी विजय संकल्प मोटरसाईकिल रैली का शुभारंभ किया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तुणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यगक्ष अखिलेश यादव द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किये गये हवाई हमले पर संदेह जताने पर आलोचना की

उद्योग विभाग से मोहम्मद सुलेमान को आर्थिक व सांख्यिकी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है मलय श्रीवास्तव को पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रमुख सचिव गृह विभाग का प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा को बनाया गया है कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजौरा को उद्योग विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई है निशांत वरवड़े को मानव अधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है डॉ पल्लवी जैन गोविल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं मनु श्रीवास्तव ऊर्जा विकास निगम के एमडी पद से मुक्त होंगे अनुराग चौधरी को सिंगरौली कलेक्टर पद से हटाकर ऊर्जा विकास निगम का एमडी बनाया गया है कटनी कलेक्टर वी एस चौधरी कोलसानी को सिंगरौली कलेक्टर बनाया गया है वहीं विदिशा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर पंकज जैन को कटनी कलेक्टर पदस्थ किया है कमलनाथ छात्रा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इंदौर की कक्षा छठवीं की छात्रा ईवा शर्मा की गुहार पर इंदौर कलेक्टर को बच्चों के लिए बेडमिंटन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए एसजीएसआईटीएस कॉलेज के बेडमिंटन हॉल को बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाया गौरतलब है कि इंदौर की कक्षा छठवीं की छात्रा ईवा शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि चुनावी प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम को अपने आधिपत्य में ले लिया है इसके कारण बच्चों का बेडमिंटन प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है मुख्यमंत्री ने ईवा को लिखे पत्र में कहा कि निश्चित तौर पर आपकी व्यथा ठीक है मुख्यमंत्री ने ईवा को लिखा कि हालांकि आपका पत्र देश के प्रधानमंत्री को संबोधित था लेकिन मैंने पत्र देखकर यह माना कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आपकी समस्या का निदान करना चाहिए

इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन इसी माह से प्रारंभ होगा

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना होगी

राजीव लोचन ट्रस्ट द्वारा कल आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता बाबा कल्याणदास ने किया राज्यपाल ने नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण और कम होते जल प्रवाह पर चिंता व्यक्त की वहीं जबलपुर के होम साइंस कॉलेज के सशक्त महिला समर्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय समाज की ताकत सशक्त नारी ही है

शनिवार रात उच्चशिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उपकुलसचिव डॉ अनिल शर्मा को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का प्रभारी कुलसचिव बनाया गया वहीं रानी दुर्गावती विष्वविद्यालय के स्टॉफ कॉलेज के निदेषक डॉ कमलेश मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलसचिव बनाया गया है रात्रि एकदिवसीय क्रिकेट हैदराबाद में कल एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया

सासंद अनूप मिश्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर रवाना करेंगे

रतलाम सहित प्रदेष के सभी जिलों में आज यह आयोजन होगा

आमजनों की समस्याओं के शीघ्र एवं समुचित निराकरण करने ग्रामीणों को तक घर पहुंच सेवा के लिए ये षिविर लगाए जा रहे हैं